अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोविड के बाद की एक नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और यह भारत के लोगों को तय करना है कि वे इस नई विश्व व्यवस्था को बनाने का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक महामारी के समय उभरा और आत्मनिर्भर बना

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के समय में विश्व में अलग अलग तरह के रूझान सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खासतौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए देशवासियों से आन्दोलनकारियों और आन्दोलनजीवियों में फर्क करने की अपील की नये कृषि कानूनों के लाभ गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कृषि को आधुनिक बनाना जरूरी है

उन्होंने कहा कि नये कृषि कानून किसानों के लिये बंधनकारी नहीं है

उन्होंने इसे एक अच्छा संकेत बताया और उन महिला सांसदों को बधाई दी जिन्होंने सदन को अपने विचारों से सम्रद्ध किया श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन में भारत में संकल्प की शक्ति को सामने रखा और उनके शब्दों ने भारत के लोगों में विश्वास की भावना को बढ़ाया प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड म राहत और बचाव कार्यो में सहयोग के लिये तीन मंत्रियों का एक दल वहां भेजा है इस दल ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की प्रदश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के दो मजदूरों के शव मलबे से बरामद किये गये हैं और अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है

उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में लापता हुए उत्तर प्रदेश के लोगों की जानकारी के लिये हरिद्वार में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि रात भर मशीनों से कीचड निकालने का काम किया गया हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मशीनों की मदद से सुरंग से मलबा निकालने का काम पूरी रात जारी रहा आईटीबीपी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और दूसरे बलों की संयुक्त टीमें आज सुबह सुंरग में दाखिल हुईं

सुरंग से अंदर से अभी भी भारी मात्रा में पानी और मलबा बाहर आ रहा है राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि राहत और बचाव दल को सुरंग के रास्ते में भारी पत्थर मिल रहे है जिसकी वजह से बचाव के काम में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है

बचाव दल को उत्तराखंड प्रलिस के दो जवानों के भी शव मिले हैं

देहरादून में राघवेश पांडे के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए सुशील चंद तिवारी श्रीनगर गढ़वाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज जिले के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर गांव में एक सिपाही की मृत्यु की घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं उन्होंने इस घटना में घायल एक अन्य पुलिस कर्मी के समुचित उपचार के लिये कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था क संबंध में किसी प्रकार का समझौता न करते हुए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है कासगंज जिले के नगला धीमर गांव में कल एक शराब माफिया के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गये दारोगा व एक सिपाही पर शराब माफिया ने हमला कर दिया

अस्पताल ले जाते समय सिपाही की मौत हो गई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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा मिशन रोजगार संचालित किया जा रहा है इसके अन्तर्गत बड़ो संख्या में युवा लाभान्वित हुए हैं उन्होंने मिशन रोजगार के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे भी इसी प्रकार जारी रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के तहत सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत लोगों की सूची की लगातार समीक्षा की जाये तथा जिन लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है ऐसे लाभार्थियों का नाम सूची से हटाकर नये आवेदकों का पंजीकरण किया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलम्बन के उददेश्य से मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है उन्होंने आगामी आठ मार्च को अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने मथुरा जनपद में आयोजित होने वाले संत समागम के लिये सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित किया है उन्होंने उत्तराखंड आपदा से प्रभावित परिवारों से सम्पर्क कर उन्हें हर संभव सहायता देने के लिये कहा है

राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के प्रशासन से कोविड संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया का कडाई से पालन करने का निर्देश दिया है विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा कक्षाओं में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था सुरक्षित दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी स्कूलों में समय समय पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी करना होगा फिलहाल एक दिन में केवल पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को ही आने की अनुमति होगी विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभाएं और खेलकूद जैसी सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी

स्कूलों के लिए अनिवार्य है कि वे अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की लिखित सहमति लें विद्यार्थियों के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा और उनके पास घर से आनलाइन कक्षाएं करने का विकल्प होगा वहीं प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के स्कूल आगामी एक मार्च से खुलेंगे

प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है कल गुरूवार और शुक्रवार को फ्रंट लाइन वर्करों का टीकाकरण किया जायेगा

आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में चालीस करोड असंगठित श्रमिक और दस करोड संगठित श्रमिक हैं उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान असंगठित क्षेत्रों से सम्बद्ध एक करोड श्रमिक अपने राज्यों में चले गए जबकि उनमें से कई वापस लौट आए हैं